शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश्वर गोयल को अपना नामांकन पत्र दिया इस मौके उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर मौजूद रहे उधर मण्डी संसदीय क्षेत्र से माकपा के उम्मीदवार दलीप सिंह कायथ और निर्दलीय राज भारद्वाज ने अपने अपने पर्चे भरे इसी तरह कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने वालों में हिमाचल जन क्रांति के सुभाष शर्मा नव भारत एकता दल के प्रेम चन्द विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी के केहर सिंह और स्वाभिमान पार्टी के स्वरूप सिंह राणा ने नामांकन पत्र दाखिल किए जयराम वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त हो रहा है और इन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन होगा कांगड़ा जिला के राजा का तालाब में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये हाल सबसे पुरानी पार्टी का है जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी है और अनुशासन भी दिखाई नहीं देता है उन्होंने कहा कि चार लोकसभा सीटों पर तीन किश्तों में प्रत्याशी घोषित करने से कांग्रेस का दमखम स्पष्ट होता है वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास बोलने को कुछ नहीं है और वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं इस अवसर पर उन्होंने पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर के पक्ष में लोगों से सहयोग की अपील की अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा राफेल मामले पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए बोले गए झूठ पर उच्चतम न्यायालय में माफी मांगने से कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हुआ है घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के कोट हटवाड़ तड़ौन डंगार और करलोटी सहित विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाओं के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी उत्तेजना और राजनीतिक लाभ के लिए राहुल गांधी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ताक पर रख दिया है अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि झूठ बोलना और तथ्यों से हेरफेर कर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की आदत है स्वीप कार्यक्रम लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में किन्नौर के जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद ने रन फोर वोट के तहत एक मैराथन दौड़ को आज रिकांगपिओ में हरी झंडी दिखाकर रवान किया बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्वीप कार्यक्रमों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बूथ स्तर पर चुनावी पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है इसके अलावा हस्ताक्षर और सैल्फी अभियान सहित एक वाहन के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है चुनाव प्रबंध लाहौल दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा सभी प्रबंध किए जा रहे हैं इसी कड़ी में लाहौल स्पिति जिला के सहायक निर्वाचन अधिकारी अमर नेगी ने आज केलंग में माईक्रो पर्यवेक्षकों के साथ एक बैठक की

साच दर्रा चम्बा जिला की पांगी घाटी को जोड़ने वाले चम्बा पांगी सड़क मार्ग वाया साच दर्रे को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए कम दूरी का ये मार्ग काफी महत्वपूर्ण है और घाटी में लोगों के पहुंचने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा

ओलावृष्टि हाल ही में प्रदेश के सेब बाहुल क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर सीपीएम ने चिंता जताई है

संजय चौहान ने प्रदेश सरकार से ओलावृष्टि से हुई क्षति का तुरंत आंकलन कर प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है उन्होंने बैंकों को भी किसानों व बागवानों के कर्ज वसूली पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी करने की सरकार से मांग उठाई